मास्क लगायें दो गज की सुरक्षित दूरी बनाये रखें तथा बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें प्रदेश में आंशिक कोरोना कर्फ्यू को चौबीस मई की सुबह सात बजे तक बढ़ा दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल वर्चअल माध्यम से आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में इस सम्बद्ध में निर्णय लिया गया मुख्यमंत्री ने कहा कि आशिक कोरोना कर्फ्य के माध्यम से प्रदेश में कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने में काफी सहायता मिली है

एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में प्रदेश सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रेहड़ी पटरी वालों दिहाड़ी मजदूरों और दैनिक कामगारों को एक हजार रूपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है मंत्रिमण्डल ने अन्त्योदय और पात्र गृहस्थी श्रेणी के राशन कार्ड धारकों को तीन माह तक प्रति यूनिट तीन किलो गेहूँ और दो किलो चावल निःशुल्क उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया है इस तरह प्रति यूनिट पांच किलो निःशुल्क खाद्यान्न जरूरतमंदों को उपलब्ध कराया जाएगा

मुख्यमंत्री ने वेसिक शिक्षा को छोड़कर अन्य समी स्तर के शिक्षण संस्थाओं में बीस मई से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के भी निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिये कृत संकल्यित है प्रदेश में श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिये दो योजनाए संचालित की जा रहीं हैं इसके अन्तर्गत दुर्घटना में श्रमिक की मृत्य अथवा दिव्यागता हो जाने पर दो लाख रूपये का सुरक्षा बीमा कवर और पांच लाख रूपये तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जा रहा है मुख्यमंत्री ने आंशिक कोरोना कर्फ्यू के दौरान प्रदेश में जरूरतमंदों को सामुदायिक रसोई के माध्यम से भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था को सचारू ढंग से संचालित किये जाने के निर्देश दिये हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत कर राज्य में कोरोना महामारी की दूसरी लहर से उत्पन्न स्थिति का आकलन किया उन्होंने प्रदेश सरकार की महामारी प्रबंधन रणनीति का भी जायजा लिया बाद में मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर बताया कि राज्य में कोरोना प्रबंधन सफलतापूर्वक आगे बढ रहा है उन्हॉने कोविड मरीजों के उपचार की व्यवस्था अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्यता ऑक्सीजन आपूर्ति और टीकाकरण के संबंध में मार्गदर्शन के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया

उन्होंने कहा कि ट्रेस टेस्ट और ट्रीट नीति के साथ पूरे प्रदेश में अभियान चलाया गया जिसके परिणामस्वरूप राज्य में संक्रमण के मामलों में तेजी से गिरावट आयी है उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रतिदिन ढाई लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा रही है श्री योगी ने कहा कि प्रदेश के कोविड अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कोविड मरीजों को निःशल्क जांच और उपचार की सुविधा उपलब्ध करा रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड से स्वस्थ हुए मरीजों में ब्लैक फंगस बीमारी सामने आ रही है इसके उपचार के लिये स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिशा निर्देश जारी किये गये हैं उन्हॉने कहा कि इस बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिये व्यापक अभियान चलाया जाना चाहिए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड की सम्मावित तीसरी लहर से निपटने के लिये प्रदेश सरकार ने तैयारियां श्रू कर दी है और सभी जनपदों और मेडिकल कॉलेज में बच्चों के लिये आईसीयू तैयार करने के निर्देश दिये गये हैं प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है पिछले चौबीस घंटों में महामारी से संक्रमित होने वालों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या दोगुनी से भी ज्यादा है

सक्रिय मामलों की संख्या घट कर एक लाख तिरसठ हजार तीन हो गयी है पिछले चौबीस घंटों में तीन सौ ग्यारह लोगों की मृत्यु हुयी है प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का कार्य तेजी से किया जा रहा है कल दो लाख सडसठ हजार चार सौ बीस नमनों की जांच की गयी अब तक लगभग चार करोड सैंतालीस लाख नमनों की जांच की जा चुकी है प्रदेश में कल से पांच और जनपदों में अटठारह से चौवालीस वर्ष के आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया जायेगा इस समय अधिक संक्रमण वाले अट्ठारह जनपदों में इस आय वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है जिन जिलों में टीकाकरण शुरू होगा उनमें आजमगढ़ गोण्डा बस्ती मिर्जापुर और बांदा शामिल हैं